मरवाही उपचुनाव के तहत डाक मतपत्र संग्रहण का कल अंतिम दिन

यह अभियान साल के अंत तक हर सप्ताह चलाया जाएगा सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के लिए पूर्व में गठित दल के द्वारा ही यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी स्लम क्षेत्रों में भितानिन द्वारा सप्ताह के बुधवार तथा गुरूवार को अपने कार्य क्षेत्र के घरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के अलावा उल्टी और दस्त से पीड़ित लोगों की भी जानकारी ली जाए इसके अलावा बुखार से पीड़ित मरीजों की मलेरिया जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य विमागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है इस संबंध में बीते इक्कीस और बाईस अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया वहीं आज विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया इधर फिल्म अभिनेता शाहरूख खान की संस्था मीर फाउंडेशन ने छत्तीसगढ में कोरोना योद्वाओं की सुरक्षा के लिए दो हजार पीपीई किट प्रदान किए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके लिए अभिनेता शाहरूख खान और उनकी संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों में मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है दुर्ग जिले में बिना मास्क घूमने वाले और गंदगी फैलाने के मामले में नगर निगम ने इक्कीस लोगों पर कार्रवाई कर करीब पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूला है वहीं जांजगीर चांपा जिले में मास्क नहीं लगाने के मामले में चौंतीस लोगों से करीब चौंतीस सौ रूपये का जुर्माना वसुला गया है कोरोना जागरूकता पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र प्रसाद ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

तीन सदस्यीय इस दल ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और बेड की संख्या बढ़ाने की भी सलाह दी है गौरतलब है कि इस उच्च स्तरीय दल ने कल राजनांदगांव शहर के कोविड अस्पतालों सहित अन्य उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया था इस दल ने शहर के उदयांचल क्षेत्र में संचालित धर्मार्थ कोविड नाइंटीन केयर सेंटर का अवलोकन किया था इस दौरान सदस्यों ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली थी और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए कहा था यह केन्द्रीय दल पिछले तीन दिनों से छत्तीसगढ के प्रवास पर हैं इससे पहले इस दल ने बीते दो दिनों के दौरान रायपुर और दुर्ग में भी विभिन्न कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया था इस दल की प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा है

इसके तहत प्रदेश में इस वर्ष करीब ढाई लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं अगले पांच वर्षो में राज्य के एक तिहाई निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कल साक्षरता विभाग की सचिव अनिता करवल की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई बैठक में प्रदेश के पढना लिखना अभियान की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई इस अभियान के तहत राज्य के आकांक्षी जिलों माओवाद प्रभावित जिलों राष्ट्रीय और राज्य की साक्षरता दर से कम औसत वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही नवाचारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा अभियान के तहत प्रदेश में पंद्रह वर्ष से अधिक उम्र वाले निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाएगी अभियान की सफलता के लिए सिविल सोसायटी गैर सरकारी संगठन और कार्पोरेट सोशल सेक्टर की सहायता भी ली जाएगी गौरतलब है कि इस अभियान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है सीबीएसई चेहरा पहचान प्रणाली केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है जिसके माध्यम से दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएगे इस कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ई मेल कर दिये जाएंगे सीबीएसई ने डिजी लॉकर में बारह करोड़ डिजिटल शैक्षिक रिकॉर्ड डाले हैं जिसे कोई भी विद्यार्थी खोल सकता है और अपनी मार्कशीट पास और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकता है इस नई चेहरा पहचान प्रणाली से विदेशी विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी इस प्रणाली से उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा जो आधार कार्ड या गलत मोबाइल नंबरों से डिजी लॉकर खोल नहीं पाते हैं मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कस्बों और गावों में जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं भी ले रहे हैं इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धनोरा मनोरा मरवाही और कृम्हारी में नुक्कड़ सभाएं लेकर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्रव के पक्ष में प्रचार किया वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कल अंडी और नेवसा गांव में सभाएं लीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता का द्रूपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने मरवाही और निमधा में चुनावी सभा को संबोधित किया गौरतलब है कि इस उपचुनाव में अस्सी वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है इसके लिए इन दिनों डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य चल रहा है यह कार्य कल चौबीस अक्टूबर तक चलेगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है महिला आयोग सुनवाई राज्य महिला आयोग द्वारा इन दिनों विभिन्न जिलों में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है दूर्ग जिले में महिला आयोग ने बीते दो दिनों के दौरान महिला प्रताड़ना से संबंधित करीब पचपन मामलों की सुनवाई की वहीं राजनादगांव जिले में आज आयोग ने महिला उत्पीड़न से संबंधित पंद्रह प्रकरणों की सुनवाई की आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि इनमें से ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा पारिवारिक विवाद और संपत्ति को लेकर झगड़े से संबंधित थे जल जीवन मिशन टीम गठित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत कार्य आवंटन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है इस समिति में मुख्य सविव वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव को शामिल किया गया है गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष दो हजार चौबीस तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत करीब सात हजार करोड़ रूपये के कार्यों के आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है

इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विशेष हवन पूजन और महाआरती की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दर्गाष्टमी और महानवमी की श्रभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर श्री बघेले ने मां दूर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और ख्रशहाली की प्रार्थनो की है अपने श्रभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि शक्ति का यह पर्व हमें सिखाता है कि नारी का सम्मान हमारी परम्परा और संस्कृति का हिस्सा होने के साथ ही हमारे मूल्यों का हिस्सा है इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी महती जिम्मेदारी है

इस अवसर पर उन्होंने देवी मां से प्रदेश की ख्रशहाली और कोरोना संक्रमण से मुक्ति की कामना की इस बीच डोगरगढ़ को केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत शामिल किए जाने पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि बताया है उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पर्यटन को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी वहीं श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा गौरतलब है कि प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए करीब चवालीस करोड रूपये की स्वीकृति दी गई है ट्रेन अतिरिक्त कोच रेल विभाग द्वारा आगामी त्यौहारों के मद्देनजर और यात्रियों की मांग पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली तीन यात्री रेलगाडियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जा रही है जानकारी के अनुसार बिलासपुर पटना पूजा स्पेशल ट्रेन में आज से सत्ताईस नवंबर तक दुर्ग छपरा ट्रेन में आज से छब्बीस अक्टूबर तक और दूर्ग भोपाल एक्सप्रेस में आज से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दी गई है राज्योत्सव आमंत्रण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसद राहुल गांधी को राज्योत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया है नई दिल्ली प्रवास के दौरान श्री बघेल ने सांसद राहल गांधी से मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने श्री गांधी को बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जाएगा वहीं राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के उन्नीस लाख किसानों को तीसरी किश्त की राशि प्रदान की जाएगी आंदोलन प्रदर्शन वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अट्ठाईस अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एकदिवसीय मौन सत्याग्रह और आंदोलन करेगा

वहीं राजनांदगांव जिले के बिजली कर्मचारियों ने अपनी बारह सूत्रीय मांगों को लेकर पर्रीनाला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सामने आज प्रदर्शन किया हाईटेक रोपणी राज्य के बारह वनमंडलों में इन दिनों एक एक हाईटेक रोपणी का निर्माण कार्य प्रगति पर है इनके निर्माण के लिए कैम्पा मद के तहत करीब साढ़े बयालीस करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार हाईटेक रोपणी से उच्च गणवत्ता वाले पौधों को तैयार किया जाएगा डेंगू नियंत्रण दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग को डेंगू नियंत्रण के मामले में सफलता मिली है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकर ने बताया कि अक्टूबर महीने में आज तक डेंगू का एक भी मामला नहीं आया है उन्होंने बताया कि बीते मई महीने में डेंगू के दस मामले सामने आए थे जिसके बाद जिले में टेमीफास वितरण और फॉगिंग की कार्रवाई शुरू की गई थी साथ ही कूलर से पानी खाली कराने का व्यापक अभियान भी छेड़ा गया था

ईको फ्रेंडली दीये दशहरा और दीपावली पर्व पर इस बार स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाए गए ईको फ्रेंडली रंग बिरंगे आकर्षक दीयों से घर रौशन होंगे इन त्यौहारों की रोशनी को दोगुना करने प्रदेश की अनेक स्व सहायता समूह की महिलाओं और गौठान सभिति के माध्यम से गोबर से रंग बिरंगे और लुभावने दीये और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं इसी कड़ी में कोरिया जिले में बिहान की महिलाओं द्वारा गोबर से रंग बिरंगे आकर्षक दीये बनाये गए हैं इसके साथ ही मिट्टी के कलश भी बनाये जा रहे हैं इन उत्पादों की बाजार में काफी मांग हैं महिला समूह द्वारा निर्भित ये दीये ईको फ्रेंडली होने के साथ लुभावने और मनमोहक भी है आगामी दशहरा और दीपावली त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए बनाये गये रंग बिरंगे ये दिये सुंदर और किफायती हैं राज्य सरकार बिहान की महिलाओं दीये और अन्य उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं साथ ही बाजार की उपलब्यता पर भी ध्यान दिया जा रहा है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी को वन बल प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने महिला और बच्चों पर घटित होने वाले अपराधों की समीक्षा और कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडेय को नोडल अधिकारी और उनकी सहायता को लिए उप पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार जोशी की नियुक्ति की है रायगढ़ जिले में घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैहामुड़ा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई राजनांदगांव जिले के राजा भानपुरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई वहीं एक अन्य लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है धमतरी शहर में सट्टा खेलाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से आठ मोबाइल फोन एक टीवी और करीब संतावन हजार रूपये नगद जब्त किए गए हैं